केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर राफेल सौदे पर दुष्प्रचार करने का लगाया आरोप राहुल गांधी ने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी पार्टी की मांग दोहरायी उप राष्ट्रपति एमवैंकैया नायडू ने कहा उज्ज्वला योजना दुनिया में गरीबी उन्मूलन का है सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रदेश भर में जारी है ठण्ड का प्रकोप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्रप्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें और जनता के साथ अपने संबंध सुदृढ़ बनाए कल शाम वीडियो काफ्रेंस के जरिये आंध्र प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र भविष्य के निर्माण का उत्सव है और इसमें युवाओं की केंद्रीय भूमिका है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने की मंजूरी दे दी है कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के गठन से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कुशल कारगर और पारदर्शी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के बारे में राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं कल लोकसभा में राफेल सौदे पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के आरोपों को मनगढंत बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हुए सौदे की तुलना में मूल लड़ाकू विमान की कीमत नौ प्रतिशत और हथियारों से सुसज्जित लड़ाकू विमान की कीमत बीस प्रतिशत कम है उन्होंने कहा कि सौदा तय करते समय सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किया गया तथा उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में इसे सही माना है श्री जेटली ने सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन की मांग दुकरा दी वित्तमंत्री ने यूपीए पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया श्री जेटली ने कहा कि इससे पहले भी श्री राहुल गांधी ने अपने और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बीच बातचीत की मनगढंत कहानी गढ़ी थी कांप्रेस पार्टी के मुख्य वक्ता को सुनकर देश को निराशा हुई है क्योंकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले को झुठला दिया है यह एक ऐसा मामला है जिसमें ऐसा लगता है कि सत्य से स्वाभाविक रूप से मुंह मोज़ा जा रहा है

भोजनावकाश के बाद चर्चा शुरू करते हुए श्री राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने खरीद प्रक्रिया मूल्य निर्धारण तथा राफल सौदे में संरक्षण के बुनियादी प्रस्नों को उठाया है उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी पार्टी की मांग को दोहराया श्री जेटली के भाषण के दौरान कांग्रेस के सदस्य जेपीसी के गठन की मांग करते हुए सदन के बीचोंबीच पहुंच गए अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही आघे घंटे के लिए स्थगित कर दी चर्चा में तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय बीजू जनता दल के कालीकेश सिंहदेव और शिवसेना के अरविंद सावंत ने भाग लिया पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जुड़े टेप मुद्दे पर श्री जेटली ने कहा कि श्री पर्रिकर समी आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके हैं और स्पष्ट किया है कि टेप में दर्ज सभी बातें मनगढंत हैं गुजरात के सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दोष मुक्त किये जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है कल लखनऊ में अपने आवास पर जनता दर्शन हाल में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहराबृददीन मुठभेड़ मामले में विशेष अदालत के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने किस तरह अपने राजनैतिक प्रतिद्वदियों के खिलाफ साजिश रची थी उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के संविधान और कानून को कुचलने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से कांप्रेस की कुत्सित नीति उजागर हुई है इसलिए कांप्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिये

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने खाना पकाने के लिए रसोई गैस के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सराहना की उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना द्वनिया में गरीबी उन्मुलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खशी जाहिर की कि दिसंबर तक एक करोड़ तीन लाख लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी थी जिसने बेहद गरीब वर्ग तक उज्ज्वला योजना का विस्तार करने में मदद की उप राष्ट्रपति ने इस अवसर पर उज्ज्वला योजना पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इसके तहत विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगा विलय के बाद यह बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक हो जायेगा विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि इस विलय से बैंक का नेटवर्क बढ़ने के साथ तीनों बैंकों के बीच बेहतर तालमेल से उत्पादकता और ग्राहकों तक पहुंच बढ़ेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक भवन में गोवंश के संरक्षण हेतु आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निराश्रित गोवंश और आवारा पश्क्रों की समस्या से जनपद की जनता और किसानों को राहत मिले उन्होंने कांजी हाउस का नाम बदलकर गो संरक्षण केन्द्र रखने के निर्देश दिए गो संरक्षण केन्द्रों में निराश्रित और आवारा पशुओं को रखा जाए ताकि इस समस्या से निजात मिले उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दस जनवरी तक समी निराश्रित और आवारा पशुओं को गो संरक्षण केन्द्रों में पहुंचा दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि गो संरक्षण केन्द्रों में पशुओं के चारे पानी और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जहां पर चहारदीवारी न मौजूद हो वहां पर फेन्सिंग की व्यवस्था की जाए साथ ही केयरटेकर भी तैनात किए जाए जो इनकी देखरेख करें उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के मालिकों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए यदि कोई व्यक्ति गो संरक्षण केन्द्र से अपने पशु को छुड़ाने के लिए आए तो उससे आर्थिक दण्ड वसूला जाए उन्होंने कहा कि इस जनसमस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गम्मीर बीमारियों से ग्रसित विभिन्न जिलों के तिरान्नबे व्यक्तियों को एक करोड़ बाईस लाख बारह हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है यह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई है यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों में अधिकतर कैंसर हृदय किडनी तथा लिवर से सम्बन्धित बीमारियों से ग्रसित हैं

इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि शासकीय कार्यपद्वति में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बहुत परिवर्तन हुआ है उन्होंने कहा कि ई आफिस से कार्यपद्वति में सुधार होने से जहां पारदर्शिता होगी तो वहीं जिम्मेदारी भी तय होगी कि कौन सी पत्रावली किसके पास है और कब तक लम्बित रही राज्यपाल ने कहा कि ई सिस्टम का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए इससे समय और अनावश्यक कागज के प्रयोग से राहत मिलेगी प्रदेश के विभिन्न जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाये हये है मैसम विभाग ने आने वाले दो तीन दिनों में आसमान में बादल छाये रहने के साथ कोहरा पड़ने का अनुमान जताया है इस बीच कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुये राज्य के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है बेघर और बेसहारा गरीब लोगों को कम्बल बांटे जा रहे हैं प्रदेश के कई जिलों में कोहरे के कारण परिवहन सेवायें प्रभावित हैं सड़क पर दुर्घटनाओं का सिलसिला भी बढ़ गया है रिजर्व बैंक ने ऐसी कंपनियों के पच्चीस करोड़ रुपये तक के मौजूदा ऋणों को पुर्नव्यवस्थित करने की अनुमति दी है जिन्होंने अदायगी में चूक तो की लेकिन उनके ऋण स्टैंडर्ड एसेट की श्रेणी में बने रहे इन कंपनियों के ऋणों को डूबा ऋण नहीं माना जाएगा इस निर्णय से ऐसे सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों को लाभ होगा जो नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद नकदी की कमी का सामना कर रहे हैं